जयराम ठाकुर ने भारी वर्षा के साथ साथ मलबे की बेतरतीब डंपिंग पर चिंता जताते हुए भविष्य में इसके लिए उचित डंपिंग स्थल चिन्हित करने की जरूरत बताई

उन्होंने कहा कि न्कसान की भरपाई के लिए सरकार केंद्र को ज्ञापन प्रस्त्रत करेगी राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रदेश विश्वविद्यालय में कुल्लू स्टुडेंटस वेलफेयर एसोसिएशन की समारिका शोभला कुलूत के दूसरे संस्करण का आज राजभवन में विमोचन किया इस मौके पर राज्यपाल ने एसोसिएशन के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से समृद्ध संस्कृति उच्च परम्पराओं और रीति रिवाजों के संरक्षण के अलावा एक सशक्त मंच भी उपलब्ध होता है

सरवीण चौधरी ने कहा कि मंझग्रा छतरी के लिए स्वीकृत दो करोड़ रुपये से अधिक की पेयजल योजना का कार्य जल्द शुरू करने के संबधित विभाग को निर्देश दिए गए में हैं स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सिरमौर जिले के कोलर व सुरला में बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवन की संयुक्त रूप से आज आधारशीला रखी

बाद में एक जनसभा में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवा के सुद्रढ़ीकरण पर विशेष बल दे रही है

सहजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित निपटारे के निर्देश दिए हैं सोलन ज़िले के कंडाघाट में आज विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को बैठक में तैयारी के साथ आने की भी नसीहत दी राजीव सहजल ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाना और कमजोर वर्गो का उत्थान सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तरों पर आयोजित की जाने वाली समीक्षा बैठकों को अधिकारियों को गंभीरता से लेना होगा वीरेंद्र कश्यप प्रदेश में हवाई सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्ेश्य से सांसद वीरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में कल शिमला के जुब्बड़हट्टी में हवाई अड्डा सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक हई इस मौके शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे इस दौरान मौजूदा हवाई सेवा में यात्रियों को आराम दायक सफर के लिए समय सारिणी में बदलाव शिमला हवाई अड्डे को दूसरी उप सड़क से कार्यान्वित करना डेकन ऐयरवेज की सेवाएं जल्द शुरू करने के लिए केंद्र के साथ विचार विमर्श सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई

पार्टी अध्यक्ष सतपाल सत्ती की अध्यक्षता में इस बैठक की तैयारियों को लेकर आज एक समीक्षा बैठक शिमला स्थित भाजपा कार्यालय दीपकमल में हुई